सरकार ने कहा त्वरित न्याय दिलाने के लिए कानून में संशोधन को तैयार

सघन टीकाकरण अभियान मिशन इन्द्रधनुष का दूसरा चरण शुरू

संसद के दोनों सदनों में हैदराबाद में सामूहिक दुष्कर्म के बाद पशु चिकित्सक की हत्या के जघन्य मामले की कड़ी निन्दा की गई और सदस्यों ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की राज्यसभा में सभापति एम वेंकैया नायडू ने ऐसी घटनाओं पर गंभीर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है उन्होंने कहा कि हैदराबाद की घटना एक कलंक है लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर बहस कराने और दोषियों को सजा दिलाने के लिए कानून बनाने को तैयार है उन्होंने कहा कि वे सदन की भावनाओं के साथ हैं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए बाईट सारे सदन की भावनाओं को देखकर इस प्रकार की घटना के लिए जो भी जिम्मेदार है जो भी अपराधी हैं उनके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई करने के लिए जो भी प्रोविजन करना होगा यह सरकार वह प्रोविजन करने को तैयार है इधर प्रदेश के कई हिस्सों में इस जघन्य कांड के दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाने की मांग को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने देश में यौन शोषण की बढती घटनाओं पर गहन चिंता व्यक्त की है आयोग ने केन्द्र और राज्यों तथा केन्द्र शासित प्रदेशों की सरकारों को नोटिस जारी कर ऐसे मामलों से निपटने की प्रक्रिया तथा निर्भया निधि के इस्तेमाल के बारे में रिपोर्ट देने को कहा है आयोग ने महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव से भी इस संबंध में छह सप्ताह में रिपोर्ट देने को कहा है जमीअत उलमा ए हिन्द ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है संगठन के अध्यक्ष मौलाना सैयद अशहद रशिदी ने कहा कि यह फैसला रिकार्ड के आधार पर त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है इसलिए भारत के संविधान के अनुच्छेद एक सौ सैंतीस के तहत इसकी समीक्षा की जरूरत है याचिका में इस फैसले को लागू करने पर अंतरिम रोक लगाने की भी मांग की गई है सघन टीकाकरण अभियान मिशन इन्द्रधनुष का दूसरा चरण आज से देशभर में शुरू हो गया है केन्द्र सरकार की इस प्रमुख योजना का उद्देश्य दो वर्ष से कम उम्र के बच्चों और गर्भवती महिलाओं को डिप्थिरिया काली खांसी टिटनेस पोलियो टीबी खसरा मेनिनजाइटिस और हेपेटाइटिस बी से बचाव के टीके लगाना है चुने गये क्षेत्रों में इनसेफेलाइटिस और इन्फ्लुएन्जा से बचाव के टीके भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्ष वर्धन ने सभी से इस मिशन को आगे बढ़ाने की अपील की है बाईट जो भी समाज में देश के बारे में सोसायटी के बारे में गहराई और गंमीरता से सोचता है उन सबसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने अपने तरीके से आप कृपया इस संदेश को भारी पैमाने पर बड़े पैमाने पर इसको फैलाए और एक भी बच्चा इस बार टीके के अभाव में वंचित न रहें इधर प्रदेश में भी मिशन इंद्रधनुष के तहत बच्चों के मुफ्त टीकाकरण अभियान की शुरूआत हो गयी है

बक्सर और बांका जिले में ये अमियान बाद में चलाया जाएगा बारह दिसम्बर तक चलने वाले पहले चरण के दौरान दो सौ छब्बीस प्रखंडो में बच्चों और गर्भवती महिलाओं को विभिन्न रोगों से बचाव के टीके लगाये जायेंगे इस अभियान के शेष अन्य चरण जनवरी फरवरी और मार्च महीने में शुरू होंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग के अनुसार अभियान के दौरान पूर्व में टीकाकरण से छूटे हुये बच्चों दूरदराज के इलाकों के साथ ही कुपोषित बच्चों पर विशेष ध्यान रहेगा हमारे संवाददाताओं ने बताया कि टीकाकरण के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किये जा रहे हैं आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक औरंगाबाद के सांसद सुशील कुमार सिंह ने आज लोकसभा में औरंगाबाद जिला मुख्यालय को रेल मार्ग से जोड़ने की मांग उठायी श्री सिंह ने कहा कि पूर्व मध्य रेलवे के अन्तर्गत बिहटा औरंगाबाद नई रेल परियोजना का काम दो हजार ग्यारह बारह में ही पूरा करने का लक्ष्य रखा गया था लेकिन इस पर अब तक काम भी शुरू नहीं हो सका है श्री सिंह ने सरकार से आगामी बजट में इस परियोजना के लिए राशि का आवंटन करने का अनुरोध किया प्रदेश में कृषि इनपुट अनुदान योजना के तहत आवेदन की अंतिम तिथि दस दिसंबर तक बढ़ा दी गई है पहले यह तारीख तीस नवम्बर तक निर्धारित थी कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने बताया कि योजना के तहत अनुदान के लिए अब तक लगभग साढ़े इक्कीस लाख किसानों ने आवेदन किया है मुजफ्फरपुर की शिवांगी को नौ सेना की पहली महिला पायलट बनने का गौरव हासिल हुआ है वाईस एडमिरल ए के चावला ने आज उन्हें कोच्चि में ऑपरेशन ड्यूटी में विधिवत शामिल किया सब लेफ्टिनेंट शिवांगी डॉर्नियर विमानों को उड़ायेंगी मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें अपनी इस उपलब्धि पर काफी गर्व है उन्होंने लड़कियों से रक्षा क्षेत्र में कैरियर बनाने के लिए आगे आने की अपील की है नीति आयोग की एक टीम ने आज खगड़िया जिले के गोगरी अनुमंडल अन्तर्गत मध्य विद्यालय चौधा और राजधाम में शिक्षकों और बच्चों की उपस्थिति पठन पाठन साफ सफाई और सरकार की ओर से मिलने वाली सुविधाओं की जांच की टीम ने विद्यालय प्रबंधन को कई निर्देश भी दिये पटना उच्च न्यायालय ने पटना नगर निगम के नौ सौ पच्चीस अनिबंधित वाहनों के परिचालन पर रोक लगा दी है मुख्य न्यायाधीश संजय करोल की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुये नगर विकास विभाग को जांच का आदेश दिया है खंडपीठ ने चार सप्ताह के अन्दर जांच पूरी कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया वहीं पटना में पिछले दिनों हुये भीषण जल जमाव से जुड़े एक मामले की भी खंडपीठ ने सुनवाई की इस मामले की अगली सुनवाई अब सोलह दिसम्बर को होगी शहरी और आवास मामलों के केन्द्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पटना मेट्रो के लिए जापान की जाइका से सस्ते दर पर मिलने वाले पांच हजार चार सौ करोड़ रूपये का ऋण शीघ्र उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया है उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने श्री पुरी के साथ मुलाकात के बाद यह जनकारी दी कटिहार रेल मंडल अन्तर्गत चलने वाली एक सौ छप्पन ट्रेनों में जीपीएस सिस्टम लगाया गया है डीआरएम रवीन्द्र कुमार वर्मा ने बताया कि सत्रह अन्य ट्रेनों में जीपीएस लगाने की प्रक्रिया चल रही है उन्होंने बताया कि इस सिस्टम के लग जाने से किसी भी ट्रेन की वास्तविक स्थिति का पता लग सकेगा और यह सुरक्षा की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के तहत बेगूसराय के पांच महाविद्यालयों में सम्पन्न छात्र संघ चुनाव के परिणाम आ गये हैं परिणामों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उम्मीदवारों ने सबसे अधिक सीटों पर जीत हासिल की बोधगया के कालचक्र मैदान में आज से पन्द्रहवें त्रिपिटक प्रजा की विधिवत शुरूआत हुई इस अवसर पर रॉयल थाई मंदिर से एक भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया गया जो शहर के विभिन्न मार्गो से होते हुये कालचक्र मैदान पहुंचा आयोजन में दस देशों के लगभग चार हजार बौद्ध भिक्षु भाग ले रहे हैं गया जिले के डोभी थाना क्षेत्र के करमौनी स्थित एक पेट्रोल पम्प से अपराधियों ने आठ लाख रूपये से अधिक की राशि लूट ली पुलिस ने बताया कि अपराधियों ने पेट्रोल पम्प कर्मचारियों को बंधक बनाकर घटना को अंजाम दिया

अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी अभियान जारी है पिछले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में हई सड़क द्र्घटनाओं में पांच लोगों मौत हो गयी औरंगाबाद में तीन तथा कटिहार और गोपालगंज में एक एक लोगों की मौत की खबर है राजधानी पटना के जक्कनपुर थाना क्षेत्र के सिपारा में अपराधियों ने एक व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी सहरसा जिले के वनगांव थाना क्षेत्र अन्तर्गत सफहाबाद मेंएक युवक की हत्या से आक्रोशित लोगों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन किया शेखपुरा जिले की एक अदालत ने छह साल पुराने दहेज हत्या के एक मामले में मृतका के पति को दोषी करार देते हुये सात साल कारावास की सजा सुनाई है पटना जिले के सदर अंचल दानापुर और फुलवारीशरीफ अंचल से जाति आय और आवासीय प्रमाण पत्र बनवाने वाले आठ बिचौलियों को गिरफ्तार किया गया है कटिहार जिले में आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र परिवारों का गोल्डेन कार्ड बनाने के लिए सात दिसम्बर से विशेष अभियान चलाया जायेगा

सरकार ने कहा त्वरित न्याय दिलाने के लिए कानून में संशोधन को तैयार

सघन टीकाकरण अभियान मिशन इन्द्रधनुष का दूसरा चरण शुरू